श्री मोदी ने इस प्रतिमा को देश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक बताया ग्जरात के राज्यपाल ओ पी कोहली मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा प्रमुख अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद थे गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास छोटे से ट्वीप साधु बेट पर बनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमरीका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है श्री मोदी ने प्रतिमा के पास बनी वॉल ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया ये दीवार विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से बनाई गई है श्री मोदी ने किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरदार पटेल देश के कमजोर वर्गों और खासकर किसानों और महिलाओं के कल्याण के पक्षधर थे प्रधानमंत्री फूलों की घाटी में गए उन्होंने संग्रहालय और प्रदर्शनी तथा दर्शक दीर्घा भी देखी और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में विशेष प्रार्थना की इस अवसर पर भारतीय वायु सेना ने फ्लाई पास्ट किया

विभिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संगठन अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं देशमर में लोगों आज राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ ने कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गणमान्य व्यक्तियों ने संसद मार्ग पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एकता दौड़ को रवाना किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने समूचे देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की

प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये सभी जिला मुख्यालयों पर इस मौके पर एकता की दौड आयोजित की गई जयपुर में रामनिवास बाग से गांधी सर्किल तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया जिसे मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर श्री गुप्ता ने बताया कि लोगों में एकता की भावना बनाये रखने के लिये इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण होते है इसके बाद श्री गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता अखण्डता और सुरक्षा बनाये रखने की शपथ दिलाई रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया संगोष्ठी में राजस्थान विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर जयंत सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहीं अपर महानिदेशक रीजन डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि रियासतों को एकत्र कर सरदार पटेल न देश को एकता के सूत्र में पिरोने का अतुलनीय काम किया है राज्यभर के विभिन्न कार्यालयों में आज कर्मचारियों द्वारा एकता की शपथ भी ली गई बाडमेर जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर ने दौड को रवाना किया धौलपुर में नगर परिषद से शुरू होकर दौड गांधी पार्क पहुंची राजसमंद के कांकरौली स्थित श्री बालकृष्ण स्टेडियम में जिला पुलिस अधीक्षक ने दौड को हरी झंडी दिखाई सिरोही जिले के माउन्ट आबू के र्पोलो ग्राउण्ड में इसका आयोजन किया गया जहां बच्चों ने नक्की झील का चक्कर लगाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जालौर में छात्र छात्रओं और पुलिस के जवान दौड में शामिल हुए नागौर झालावाड दौसा करौली पाली भरतपुर प्रतापगढ बीकानेर बांसवाडा और श्रीगंगानगर चूरू समेत अन्य जिलों में भी एकता दौड का आयोजन किया गया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है

जागरूकता सप्ताह के सिलसिले में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि सरकारी कामकाज में अनावश्यक देरी के कारण सभी संस्थाओं की साख गिर रही है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी और भ्रष्ट तरीके रोकने के लिए डिजीटल प्रणाली अपना रही है

श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से विकास तेज गति से विकास और सबके लिए विकास ये तीन बातें प्रमुख रूप से कही संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को पुरानी सरकारों द्वारा और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्य को बताना पड़ेगा संवाद से पहले श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को कृम्भलगढ द्र्ग को विश्व विरासत में शामिल करने को लेकर बधाई दी

इसमें प्रदेश के दस्तकारों और बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं

दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता दिल्ली में प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी के सदस्यों ने आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चुने हुए नामों पर चर्चा की

दूसरी ओर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर के आवास पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की

सवाईमाधोपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यकम के तहत सैक्टर अधिकारियों से संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केन्द्रों की पहचान करने तथा लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है

चित्तौड़गढ जिले की गंगरार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सीमेंट की आड़ में तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा चूरा बरामद किया है